आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज नाम के नये मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है इसके अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक स्मृति डाक टिकट का भी विमोचन किया आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है इसके तहत दस करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के तहत अब तक पचहत्तर सौ करोड़ रूपये से छियालीस लाख उपचार दिए गए

न्यायमूर्ति रमणा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केन्द्र और जम्मू कश्मीर सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील नामंजूर कर दी कि इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह से ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए न्यायालय ने इस मामले में और याचिकाएं दायर किये जाने पर भी रोक लगा दी है

देहरादून में आयोजित एक रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री ने कहा कि खून के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ब्लड बैंकों तक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की भी पहुंच बने उन्होंने कहा कि रक्तदान के साथ ही अंगदान के लिए भी वातावरण बनाए जाने की जरूरत है इसके लिए पूरे समाज में जागरूकता लानी होगी इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश की डॉ गीता नेगी ने बताया कि सुरक्षित रक्तदान जरूरी है

देश में आवश्यकता की अपेक्षा रक्त की कमी है अवैध खनन रेत खनन के अवैध पट्टों के आवंटन के मामले में सीबीआई ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में तलाशी ली अधिकारियों के मुताबिक सहारनपुर में पट्टों के आवंटन के मामले में नयी प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है

कर्मचारी अवकाश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दिन टिहरी जिले मे सार्वजनिक अवकाश रहेगा

जिससे वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें

शासकीय अर्द्वशासकीय व अशासकीय कार्यालयों शैक्षणिक संस्थाओं एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों कारीगरों व मजदूरों के लिए उनसे सम्बन्धित विकासखण्डों जहां के वे निवासी हैं के लिए भी निर्धारित मतदान तिथियों में अवकाश की घोषणा की गयी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है मोबाइल एप नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में आर्थिक गणना का मोबाईल एप के माध्यम से शुभारंभ किया उन्होंने आर्थिक गणना के लिए पर्यवेक्षकों को रवाना करते हुए इस कार्य में पूरी सावधानी के साथ करने के निर्देश दिये

इस कार्य में जिले के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों की गणना की जाएगी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एलएम जोशी ने बताया कि सातवीं आर्थिक गणना के अन्तर्गत जिले में चल रहे आर्थिक क्रियाकलापों की गणना मोबाइल एप के माध्यम से होनी है तीन चरणों में गणना को आधार बनाया जायेगा पहले चरण में वर्षभर चलने वाले उद्योग दूसरे चरण में वर्ष में कुछ महीने चलने वाले और तीसरे चरण में छुटपुट चलने वाले उद्योगों की गणना के साथ घरों में व्यक्तिगत रूप से चलाये जा रहे छोटे उद्योगों की गणना भी की जायेगी कृषि विभाग सरकारी क्षेत्र को छोड़कर असंगठित क्षेत्र में चल रहे कार्यो की गणना भी होगी

हरिद्वार में जिले के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचायों के साथ बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि कम उपस्थिति होने पर छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जाएगा राज्य मंत्री ने बताया कि कल से केन्द्र सरकार द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की जा रही है

साथ ही अभिभावकों को कॉलेज के लिए पुस्तक दान अभियान के अंतर्गत किताबें दान करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा हर कॉलेज में ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत प्रत्येक छात्र द्वारा विद्यालय परिसर में एक वृक्ष लगाया जाएगा और अध्यापकों द्वारा संरक्षित किया जाएगा इसके साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा

आर्टिफिशियल इंटलीजेंस पर आधारित यह व्यवस्था प्रत्येक स्थल की निगरानी करेगी इंसीडेन्ट कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर कमेटी के अध्यक्ष मेलाधिकारी होंगे इस सेन्टर के तहत प्रत्येक संवेदनशील स्थल पर कैमरा लगाये जायेंगे और कंट्रोल रूम से एकीकृत व्यवस्था के तहत निगरानी की जायेगी यह सेन्टर महाकुम्भ मेला में सुरक्षा प्रबन्ध स्वच्छता और भीड़ प्रबन्धन की दृष्टि से उपयोगी साबित होगा स्वच्छता एक्सप्रेस रुड़की में स्व्छता एक्सप्रेस के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है दरअसल गंगा घाट पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए एक आठ बोगी वाली ट्रेन की वॉल पेंटिंग बनाई गयी है जिसमें स्वच्छता को लेकर अलग अलग संदेश दिये गये हैं यह पहल रुड़की के नगर निगम ने की और एक संस्था का सहयोग भी लिया है नगर निगम आयुक्त नूपुर वर्मा ने कहा कि नगर को साथ सुथरा रखना सभी की जिम्मेदारी है उन्होंने बताया कि निगम के ग्राउंड में ही कम्पोस्ट खाद बनाई जाएगी जयंती राष्ट्र महात्मा गांधी की कल डेढ़ सौंवी जयंती मनाएगा देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में राष्ट्पिता को श्रद्वांजलि देंगे वे आश्रम को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने वाली गतिविधियों में शामिल होंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्रमुख संदेश था कि स्वच्छता ईश्वर के करीब जाने का रास्ता है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी कल जयंती है उनकी सादगी और विनम्रता के लोग कायल थे

रेस को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने विजेताओं को सम्मानित किया और जीवन में खेल की अहमियत बताई उन्होंने कहा कि खेलने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है

इस अवसर पर प्रदेशभर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्वाजंली अर्पित की गई वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक संदेश में उन्हें श्रद्वांजली अर्पित करते हुए आजादी में उनका योगदान अविस्मरणीय बताया